इससे पहले प्रधानमंत्री ने आईआईटी मद्रास में द्रसरे भारत सिंगापुर हैकथॉन के पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लिया उन्होंने कहा कि हैकेथॉम से विद्यार्थियों को वैश्विक समस्याओं के समाधान और नवाचार से जुड़े विचारों का पता चलता है उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायू परिवर्तन से निपटने के लिए आसियान देशों के श्रेष्ठ विद्यार्थियों से स्पर्धा में आगे बढ़ने और नवाचार समाधान खोजने को कहा प्रधानमंत्री ने कहा कि सिंगापुर में पिछले वर्ष की हैकेथॉन में स्पर्धा पर जोर था और इस बार दोनों देशों के विद्यार्थी समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर काम कर रहे है श्री मोदी ने छत्तीस घंटे बिना रुके तेज गति से हैकेथॉन में हिस्सा लेने वाले आईआईटी मद्रास के विद्यार्थियों को बधाई दी ये हैकेथॉम तीन प्रमुख विषयों अच्छा स्वस्थ्य और कल्याण बेहतर शिक्षा और किफायती तथा साफ ऊर्जा पर आयोजित किया गया है खोंसा वेस्ट विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए चार उम्मीदवारों ने नामांकन भरे है ये चारों उम्मीदवार है चाकात आबोह यूमसेन माते वांचू लावांग और आजेत होमतोक चारों निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे कल सुबह ग्यारह बजे पर्चो की जांच होगी और इक्कीस अक्टूबर को मतदान कराया जायेगा भाजपा राज्य इकाई कांग्रेस और तीन अन्य राजनीतिक दलों ने चाकेत आबोह का समर्थन करते हुए इस उप चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा न करने का निर्णय लिया है इक्कीस मई को उग्रवादियों द्वारा एन पी पी के विधायक तिरांग आबोह की हत्या के चलते यह उप चुनाव कराया जा रहा है मुख्य चुनाव अधिकारी प्रभारी डी जे भट़टाचार्जी ने बताया की उप चुनाव में सुरक्षा के मद्देनजर सी ए पी एफ के दो कंपनियां तैनात की गई है उन्होंने कहा है कि छह और कंपनियों की तैनाती की मांग रखी गई है राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के चलते आगामी दो अक्टूबर को राज्य सरकार द्वारा हमारा अरुणाचल अभियान की शुरुआत की जायेगी अभियान के मद्देनजर गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने राज्य के विभिन्न संगठनों एवं सी बी ओ के साथ कई बैठके की बैठक में समुदाय आधारित युवा संगठनो और अन्य छात्र संगठन के प्रतिनिधियों के साठ बैठक में उन्होंने कहा यह गैर बजटीय अभियान राज्य सरकार द्वारा शुरु किया गया है छात्र प्रतिनिधियों ने इस अभियान समर्थन करने और हमारा अरुणाचल अभियान के राजद्रत बनने की प्रतिज्ञा ली पर्यटन मंत्री नापाक नालोह ने कहा कि आपानी समुदाय लोअर सुबनसिरी जिलें के जीरो में पर्यटन विकास में जैसी तेजी लायी है हम सभी को मिलकर ऐसे प्रयास करने चाहिए विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नालोह ने कहा पर्यटन विभाग राज्य को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर लाने का प्रयास कर रहा है

केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए इसकी सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है वाणिज्य मंत्रालय ने प्जाय के निर्यात पर रोक संबंधी नीति में संशोधन कर यह फैसला लिया है इससे पहले सरकार ने संयुक्त सचिव स्तर के दो अधिकारियों को किसानों व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों से बातचीत के लिए महाराष्ट्र भेजा था ऐसा इसलिए किया गया ताकि प्याज की उपलब्धता का अनुमान लगाया जा सके तथा बाजार में और प्जाय लाने के बारे में इन्हें तैयार किया जा सके केंद्र सरकार राज्यों की मांग पर उन्हें भी प्याज की आप्रर्ति कर रही है यूनीसेफ के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि मोदी सरकार के स्वच्छ भारत अभियान ने दुनिया के सामने एक सफल कार्यक्रम का उदाहरण प्रस्तुत किया है और इससे भारतीय समाज के साफ सफाई के प्रति व्यवहार में भारी बदलाव हुआ है समाचार एजेंसी आई ए एन एस के साथ यूनिसेफ में भारत साफ सफाई के प्रमुख निकोलस ओसबर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान की भूरि भूरि प्रशंसा की श्री ओसबर्ट ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का असर विश्व स्तर पर पड़ा है उन्होंने कहा कि दुनिया के बहुत सारे देश स्वच्छ भारत अभियान को समझने के लिए भारत आते हैं उन्होंने कहा कि पिछले साल द्रनियाभर से पच्चपन मंत्री इस अभियान का प्रभाव जानने भारत आये थे और उन्होंने इससे प्रेरणा ली थी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षबर्धन ने कहा है कि यह गर्व की बात है कि पिछले एक वर्ष में पचास लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज का लाभ उठाया आज नई दिल्ली में आयुष्मान भारत आरोग्य मंथन के उदघाटन सत्र में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यह योजना न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय रही उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना संघीय ढांचे का बेहतर उदाहरण बन सकती है उन्होंने कहा कि दो हजार उन्नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं के प्रतीक बन गये हैं